राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा पर्यावरण के संतुलन और संख्यण की सफलता लोगों की भागीदारी में है निहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्रतिमा और अन्य पर्यटन संबंधी मुलभुत सुविधाओं का किया जायेगा विकास

प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का तेरह हजार पांच सौ चौरानवे करोड़ सत्तासी लाख रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अनुपूरक मांगे सदन के पटल पर रखी अनुपूरक मांगों में नगर विकास के लिये दो हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ छियालीस लाख और अवस्थापना सुक्विाओं के विकास के तिये दो हजार तिरानवे करोड़ अट्ठानवे लाख रूपये की मांगे प्रस्तुत की गई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिये आठ सौ पचास करोड़ और बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के लिये एक हजार एक सौ पचास करोड़ रूपये की अनुप्रक मांगे रखी गई वहीं प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में वितरण और उत्पादन परियोजनाओं के लिये कुल नौ सौ पांच करोड़ छत्तीस लाख रूपये की अनुप्रक बजट मांगों का प्रस्ताव किया गया लोक निर्माण किनाग के लिये छह सौ पांच करोड़ रूपये सिंचाई के लिये आठ सौ चौतीस करोड़ चौरासी लाख रूपये पुलिस विमाग के लिये दो सौ पचास करोड़ रूपये और पर्यटन विमाग के लिये एक सौ तिस्सठ करोड़ रूपये की अनुप्रक मांगे रखी गई इस वर्ष का आम बजट विगत सात फरवरी को चार लाख उन्यासी हजार करोड़ रूपये का लाया गया था

सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया जिसके कारण सदन को तीन बार स्थगित करना पड़ा और प्रर्नकाल बाधित हो गया बाद में सदन के अव्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के हस्तक्षेप के बाद ग्राम्य विकास मंत्री ने अपनी टिपणी वापस ली और खेद व्यक्त किया सदन व्यवस्थित हुआ और बजट प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही शुरू की गई सदन में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चन्द्रयान दो के प्रक्षेपण की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बघाई देने का प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा कि यह देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर भारतीय को इस पर गर्व है पूरा देश इस सफल प्रसेपण के लिये गौरव की अन्यूति कर रहा है इस सफलता के लिये इसरो के वैज्ञानिक बघाई के पात्र है जिन्होंने इस मिशन में कड़ा परिश्रष किया

इस प्रसेपण की सफलता में भारत लगातार चन्द्र अभियान संचालित करने वाले विश्व के चुनिन्दा देशों की कतार में शामिल हो गया है

उघर विधान परिषद में कल पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ रामपुर में मुकदमों पर चर्चा के दौरान मुख्य विपक्षी दल और पीठ आमने सामने आ गये मामले में पीठ से निर्णय आ जाने के बाद भी जब सपा सदस्य शान्त नहीं हुये तो अधिष्ठाता ने कहा कि अगर सपा सदस्य नहीं माने तो उनके खिलाफ कड़ा फैसला लेना पड़ेगा इस पर नेता प्रतिप्स अहमद हसन ने विरोध जताया इसके बाद सपा सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बर्हिगमन किया

सदन में शिक्षक दल के सदस्यों ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिये विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी की ओर से हाल ही में जारी निर्देशों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि नामांकन में वृद्धि न होने पर शिक्षकों का बेतन काटने के निर्देश वापस ले लिये गये हैं पर शिशिशिशिशि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पर्यावरण के संतुलन और संखण की सफलता लोगों की भागीदारी में निहित है राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आये भारतीय वन सेना के प्रशिक्व अधिकारियों से बातचीत में श्री कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें देश की वन सम्पदा के संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही हैं उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब और जनजातीय लोग देश के वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि वनों के संख्यण के प्रयास लोगों की मूलमूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उन्हें शामिल करके ही सफल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के एक संस्करण का स्मरण किया जिसमें उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए प्राण न्यौषावर करने वाले चन्द्रशेखर आजाद को निडर और दृढ संकल्प वाला स्वतंत्रता सेनानी बताया था

इन पंक्रियों ने अश्रफाक उल्ला खां मगत सिंह चंद्ररोखर आजाद जैसे अनेक नौजवानों को प्रेरित किया चंद्रशेखर की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून विसने कई युवाओं को प्रेरित किया आजाद ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया प्रधानमंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी कल उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक ने अपना जीवन पूर्ण स्वराज के लिए समर्पित कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्रतिमा और अन्य मूलभूत पर्यटन सुविधाओं संबंधी परियोजना के साथ अयोव्या का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाये उन्होंने इस परियोजना के लिये प्रर्दश राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी नियुक्त किये जार्ने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने अगस्त दो हजार उन्नीस से इस परियोजना के लिये वास्तविदों के चयन की प्रक्रिया आरम्म किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस परियोजना के संबंध में पर्यटन विमाग और उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की एक अलग टीम गठित की जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ के लोक भवन में परियोजना के संबंध में गठित हाईपावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिये कल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुषकामनाएं दीं उन्होंने कहा कि प्रबानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चुना है क्योंकि उन्हें विश्वास र्ह कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरंजन का भी माध्यम है इस बीच प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि देश के कोने कोने तक सरकारी योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की जानकारी पहुंचाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण मूमिका रही है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के र्दारान प्रसारण के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और अब आकाशवाणी के सभी चैनल डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं आप देखिये कितने आकाशवाणी चौनल अब ऑनलाइन है अब कहां भी जाइये इट इज ऑनलाइन आज पूरा डिजिटलाइजड है और स्मार्ट फोन पर आप रेडियो को सुन सकते है इस अवसर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने आकाशवाणी के सभी प्रसारणकर्ताओं श्रोताओं और कर्मचारियों को बधाई दी

पहली बार प्रचार प्रसारण हुआ था वम्बई से

केन्द्र सरकार ने क्ति वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा इकत्तीस जुलाई से बढाकर इकत्तीस अगस्त कर दी है वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय उन खबरों के मद्देनजर लिया गया है जिनमें बताया गया है कि कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है

नोएडा और प्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस समूह को दी गई लीज मी न्यायालय ने रह कर दी है न्यायालय ने समूह की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा एन बी सी को दिया है आप्रपाली समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बयालिस हजार से ज्यादा खरीददारों को पलैटों का कब्जा नहीं दिया है